परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने सड़क सुरक्षा अभियान के लिए अधिकारियों से प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा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

फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है

दिशा निर्देश के अनुसार राज्यों को वैक्सीन कैरियर वैक्सीन वायल्स या आइसपैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के सभी उपाय करने को कहा गया है

इस चिकित्सा के तहत इंटरनेट के इस्तेमाल के जरिये स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में लोग चिकित्सा परामर्श प्राप्त करते हैं इससे समय और धन की बचत हुई है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारी श्रोता का संदेश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

श्री तोमर ने कहा कि किसानों के साथ बिन्दुवार चर्चा की जाएगी उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं

उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेने को कहा श्री खाचरियावास कल जयपुर में वीडियो कॉफ्रेंस के जरिये विभागीय समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अधिकारी दर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करें तथा ओवर लोडिंग और तेज गति से चलने वाले वाहनों पर सख्त कार्यवाही करें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवश्यक स्थानों पर बेरीकेडिंग सुनिश्चित कराएं तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए